कल उना में आर्थिक गणना संबंधी मोबाइल एप के माध्यम से एंट्री करने के बाद उन्होंने कहा कि आर्थिक गणना के कार्य के पर्यवेक्षकों द्वारा घर घर और उद्यमों में जाकर मोबाइल एप के माध्यम से सुचना एकत्र की जाएगी अनुराग ठाक्र ने कहा कि एकत्रित की गई सूचना आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोगों के जीवन स्तर व उद्यमों की दशा को सुधारने और नई नीतियों के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेगी बिंदल केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी जल शक्ति अभियान के तहत नाहन विकास खंड में भूमि जलस्तर की वृद्धि के लिए चैकडैम वर्षा जलसंग्रहण टैंक और तालाबों का निर्माण किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल नाहन में जनसमस्याएं सुनने के अवसर पर ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों का जीर्णोद्वार और पौधारोपण भी किया जाएगा राजीव बिंदल ने पंचायत प्रतिनिधियों से जलशक्ति अभियान के साथ जुड़कर अपनी सहभागिता का आहवान किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे जबकि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय चयनित शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध जारी मेरिट आधार पर गठन दैनिक जागरण के शब्द हैं नहीं होंगे एससीए चुनाव मैरिट के आधार पर मनोनयन दिव्य हिमाचल ने खबर दी है धर्मशाला से उपचुनावों का शंखनाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर शुरू किया चुनाव प्रचार वहीं दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है सच्चा साथी दें बदल देंगे धर्मशाला पंजाब केसरी ने मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी के बयान को शीर्षक दिया है ग्लोबल इन्वैस्टर मीट को सफल बनाना प्राथमिकता जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है मंदी के दौर में निवेश लाना अपने आप में चुनौती

दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक घटिया निर्माण कार्यो की शिकायत के बाद जांच का फैसला इसी समाचार पत्र की एक अन्य ख़बर है माननीयों का यात्रा प्रतिपूरक भत्ता विधेयक अधिसूचित पंजाब केसरी लिखता है शताब्दी वर्ष पर कांगड़ा बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर शुन्य दशमलव सात पांच फीसदी घटाई जबकि अमर उजाला का कहना है केसीसीबी देगा सस्ता शिक्षा ऋण प्रोसेसिंग फीस की आधी

आपका फैसला ने परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के हवाले से लिखा है एचआरटीसी के सेवानिवृत हजारों कर्मचारियों को छह प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी पूर्व डीजीपी की बहू ने फर्जी चालान से सरकार को लगाया ढ़ाई करोड़ का चूना शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है एक्साइज फीस जमा करवाने में घपला शराब के ठेकों की फीस के चालान निकले फर्जी